राज्य में बर्ड फ्लू के कारण आज भी साढे तीन सौ से अधिक पक्षियों की मृत्यु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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

बैठक में केबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया इस बीच केन्द्रीय सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फेसिंग के जरिये सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोरोना की मौजूदा स्थिति और वैक्सीन लगाने से पूर्व की सभी तैयारियों का जायजा लिया उन्होने निर्देश दिये कि वैक्सीन अभियान की प्रभावी रणनीति बनाई जाये जिसके तहत सभी राज्य वैक्सीन अभियान के हर दिन की प्रगति रिपोर्ट केन्द्र को भिजवाये राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां लगातार जारी है और उसका ड्राई रन सफलता के साथ किया गया है

आज का प्रश्न है पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिये कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं इसका जवाब है आधार ड्राईविंग लाइसेंसवोटर आईडीपैन कार्डपासपोर्टजॉब कार्डपेंशन दस्तावेज में से कोई भी पंजीकरण के लिये मान्य है इसी तरह स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड यानि मनरेगा कार्ड दिखाकर पंजीकरण कराया जा सकता है इसके अलावा सांसदों विधायकों एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक प्रमाण पत्र बैंकपोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक या केन्द्रराज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड भी मान्य दस्तावेज में शामिल हैं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

राष्ट्रपति ने कोविड से निपटने में प्रवासी भारतीयों के सहयोग की सराहना की

श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित जत्पादों से पूरे विश्व को फायदा होगा

इनमें ज्यादातर कौवे हैं लेकिन मोर तथा कुछ अन्य पक्षियों की भी मृत्यु हुई है

पशुपालन विभाग का कहना है कि इस वायरस का संकमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पर्यटन नीति के तहत राज्य को राश्टीय तथा अंतर्राश्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांण्ड के रूप में स्थापित करने की मजबूत आधारशिला रखी गयी है

राजधानी जयपुर में आज भी लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हुये दिनंगर चली शीतलहर ने ठिद्रन बढा दी और रात में भी सर्द हवा चली कमोबेश ऐसे ही हालात अजमेर कोटा उदयपुर भरतपुर संभोग के शहरों में रहे श्रीगंगानगर हनुमानगढ चूरू बीकानेर सीकर झन्झन में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा

इस बीच कोटा संभाग में कई जगहों पर बारिश भी हुई है